इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बताया कि साल दो हजार इक्कीस में जनवरी से अप्रैल के बीच होने वाले महाकृम्भ के सफल संचालन के लिए लगभग एक हजार करोड़ रूपए से अधिक के कार्य किये जायेंगे

इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्वालुओं के लिए व्यापक स्तर पर स्थाई और अस्थाई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि कुम्भ क्षेत्र में सड़क विद्युत पेयजल आपूर्ति कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने चिकित्सा सुविधा स्वच्छता और कूड़ा निस्तारण आवासीय और पार्किंग व्यवस्था के साथ ही कुम्भ मेला क्षेत्र के विस्तार का काम किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए आर्थिक सहयोग का अनुरोध किया इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को केदारनाथ पुनर्निर्माण ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की कार्य प्रगति की जानकारी भी दी उन्होंने अवगत कराया कि प्रदेश के सीमांत क्षेत्र के गांवों में आजीविका और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की जा रही है साथ ही प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है

कृषि मंत्री माघ मेला प्रदेश के कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और रिवर्स पलायन पर जोर दे रही हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोई भी युवा अपने गांव में खेती बागवानी फलोरिक्लचर आदि कार्य करना चाहता है तो उसके लिए सरकार हर संभव मदद करेगी

फूलों की खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए सरकार ने कलस्टर आधारित फूलों की खेती के लिए अहम कदम उठायें हैं उन्होंने किसानों का बांस का वक्षारोपण करने का भी आह्वान किया है ताकि रोजगार के साधन पैदा होने के साथ साथ जंगली जानवरों से खेती को भी सुरक्षित किया जा सके कृषि मंत्री ने प्रदेश में हो रही बर्फबारी पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे न केवल जल स्रोत रिचार्ज होंगे बल्कि फसलों को भी फायदा होगा पुलिस बैठक देहरादून में आयोजित राज्य रेलवे सुरक्षा व्यवस्था समिति की एक उच्च स्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए बैठक में जीआरपी द्वारा हरिद्वार और देहरादून स्टेशन में यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा के साथ ही आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम और आगामी कुम्भ मेले के लिए अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये जाने के प्रस्ताव पर आरपीएफ और रेलवे द्वारा आश्वासन दिया गया बैठक में निर्णय लिया गया कि ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध आवश्यक कठोर कार्रवाई की जाएगी इसके अलावा रेलवे स्टेशनों और ट्रैकों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ जीआरपी और स्थानीय पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशनों में सयुक्त रूप से प्रभावी चौकिंग के साथ साथ पैदल और पुश ट्रॉली द्वारा भी रेलवे ट्रैकों का निरीक्षण किया जाएगा आसपास के गांवों में चौकीदारों और ग्राम सुरक्षा समिति के साथ गोष्ठी करने का भी निर्णय लिया गया है पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण देहरादून में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण के संबंध में जनपद स्तरीय अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को प्रसारित करने के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण उपयोगी हैं उन्होंने कहा कि विभिन्न रेखीय विभागों को आपसी समन्वय करते हुए ग्राम पंचायतों में विकास के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से करना चाहिए इस मौके पर अपर सचिव और निदेशक पंचायतीराज एच सी सेमवाल ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को कार्यशाला के उद्देश्यों से अवगत कराया मौसम प्रदेश के कई पर्वतीय जिलों में आज भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहा लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश आज भी हुई जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है

मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज स्कूलों की छुट्टी घोषित की थी पौड़ी जिले में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई उधर बागेश्वर जिले के पिंडर घाटी के अधिकतर गांव बर्फबारी से ढक गए हैं शामा क्षेत्र के कुछ गांवों में आज भी बर्फबारी की खबर है रिखाड़ी बाछम मोटर मार्ग बर्फबारी के कारण बंद हैं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि बर्फबारी से बंद पड़ी सड़कों को खोलने का काम चल रहा है द्वारिकाछीना के पास गिरेछीना मोटरमार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है राजधानी देहरादून में सुबह अच्छी धूप खिली हालांकि दोपहर बाद आसमान में बादल घिरे और गरज के साथ बारिश होने लगी मौसम विभाग के मुताबिक कल से मौसम साफ होने की उम्मीद है कुछ क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे

सीएए भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के नेतृत्व में आज डोईवाला में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में रैली का आयोजन किया गया ऋषिकेश रोड से शुरु हुई रैली पूरे नगर में भ्रमण कर चीनी मिल गेट होते हुए तहसील परिसर में सपन्न हुई तहसील परिसर में कर्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने सीएए को देश हित में बताया उन्होंने कहा कि यह नागरिकता देने का कानून है और विपक्ष के द्वारा सीएए को लेकर देश में भ्रम फैलाया जा रहा है उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून की लोगों को जानकारी भी दी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कार्यकर्ताओं से लोगों को सही जानकारी देने की अपील भी की

विधानसभा अध्यक्ष प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि बजट सरकार का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक नीति उपकरण है बजट पर संसद और विधानसभाओं में सार्थक और उपयोगी चर्चाएं हो सके इसके लिए सदस्यों का क्षमता निर्माण आवश्यक है

विधानसभा अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने सदन के भीतर बजट प्रस्तावों की संवीक्षा के लिए जनप्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाना विषय पर विचार रखते हुए कहा कि विधायिका सदस्यों के पास बजट की संवीक्षा करने के लिए पर्याप्त कौशल और जानकारी होनी आवश्यक है उन्होंने कहा कि विधानमंडलों की समितियां सरकार के बजट नीतियों कार्यक्रमों योजनाओं परियोजनाओं और उसके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करती है और इनके सदस्य विभिन्न मुद्दों पर अपनी दलगत प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर कीमती सुझाव समिति को देते हैं इसलिए बजट पर संसद और विधानसभाओं में सार्थक और उपयोगी चर्चाएं सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों का क्षमता निर्माण आवश्यक है